बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इस चरण के लिए अब तक दो लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि जो लोग टीकाकरण कराने से छूट गए हैं उन्हें आम लोगों के साथ टीका लगाया जाएगा फ्रंट लाईन वर्कर्स में पुलिस सेना सैन्य बल होमगार्ड कारा विभाग आपदा प्रबंधन राजस्व विभाग और नगर निकाय के सफाई कर्मी शामिल हैं इसके अलावा सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों को भी इसी चरण में टीका दिया जायेगा प्रदेश में अब तक तीन लाख ग्यारह हजार से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है राज्य में कहीं से भी टीके के दुष्प्रभाव का मामला सामने नहीं आया है इधर आज स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण अभियान समाप्त हो गया राज्य में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव शून्य चार प्रतिशत हो गई है जो राष्ट्रीय दर से एक दशमलव नौ एक प्रतिशत अधिक है दो लाख अंठावन हजार पांच सौ छप्पन मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं सक्रिय मामलों की संख्या में तेजी से कमी हो रही है इस समय विभिन्न अस्पतालों में केवल नौ सौ निन्यानवे रोगियों का इलाज चल रहा है देश भर में अब तक उनचास लाख उनसठ हजार से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाये जा चुके हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल पांच लाख नौ हजार से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाये गये स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है

ये विश्व का सबसे कम समय है

पब्लिक हेल्थ फाउडेंशन के अध्यक्ष डाक्टर श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि कोविड टीका आ जाने के बावजूद सजगता बहुत जरूरी है श्री रेड्डी ने कहा कि सिनेमा हॉल और अन्य भाीड़भाड़ वाले स्थानों पर कोविड से बचाव के उपाय करना बहुत आवश्यक है

आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे की चर्चा में भाग लेते हुए श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश में गांव गरीब और किसान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री ने कहा कि वार्ता के दौरान किसी भी यूनियन ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं बताया जो उन्हें लगता है कि विवादास्पद है कृषि कानूनों में अनुबंध कृषि के बारे में विपक्षी सदस्यों के कई प्रश्नों के जवाब में कृषिमंत्री ने जोर देकर कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए नए कानूनों के प्रावधान किसानों को अनुबंध से बाहर जाने की अनुमति देते हैं श्री तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है और नए कृषि कानून उसी को प्राप्त करने के लिए बनाये गए हैं

किसानों के प्रति समर्पित है हम लोगों ने लगातार उन लोगों को सम्मान देने की कोशिश की है

हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिन्दुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया गया है आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी तो हम इस पर विचार करते हैं एपीएमसी खत्म नहीं होगी हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है इसके मायने यह नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है लेकिन किसान आंदोलन पर है पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग कृषि मंत्री ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत देश में लगभग एक लाख पन्द्रह हजार करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में भेजे गए हैं उन्होंने कहा कि देश में लगभग छियासी प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान हैं

उसको मंत्री परिषद ने स्वीकार कर लिया है

जिसका परिणाम ग्रामीण विकास के रूप में आएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े बिहार के तीन लाख अट्ठाईस हजार से अधिक किसानों का भौतिक सत्यापन होगा केन्द्र सरकार ने योजना की जांच के लिए रैंडम आधार पर किसानों का चयन कर सूची राज्य सरकार को भेज दी है कृषि निदेशक डी पी त्रिपाठी ने बताया कि केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप कृषि विभाग ने सभी प्रखंड मुख्यालयों को सूची भेजकर किसानों का सत्यापन शुरू कर दिया है योजना को आधार से लिंक कराये जाने के बाद खुलासा हुआ था कि प्रदेश भर में बत्तीस हजार ऐसे लोग हैं जो आयकरदाता होने के बावजूद इस योजना का लाभ ले रहे थे इसके बाद इन सभी किसानों का नाम लाभार्थी सूची से हटा दिया गया था और इनसे राशि वापस लेने की कार्रवाई की जा रही है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि केन्द्र सरकार की स्टॉर्ट अप इंडिया पहल के तहत इकतालीस हजार स्टार्ट अप शुरू हुए हैं जिनसे चार लाख सत्तर हजार रोजगारों का सृजन हुआ है और चार हजार पांच करोड़ रूपये का निवेश हुआ है बैंगलुरू में आज एयरो इंडिया प्रदर्शनी के अवसर पर स्टार्ट अप सम्मेलन में बोलते हुए रक्षामंत्री ने यह बात कही उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार बिहार को प्राप्त होने वाली राशि में बढ़ोतरी की गयी है यह रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की गयी श्री प्रसाद ने कहा कि अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए केन्द्रीय करों में बिहार को अब दस प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी मिलेगी पहले यह हिस्सेदारी नौ दशमलव छह छह प्रतिशत थी उन्होंने कहा कि आयोग के अनुशंसा के तहत अब शहरी निकायों के लिए ग्यारह हजार छह सौ नवासी करोड़ रूपये की अनुशंसा की गयी है शहरी निकायों की अनुदान राशि में लगभग पांच गुणा बढ़ोतरी हुई है जबकि नये शहरों की स्थापना के लिए आठ हजार करोड़ रुपये मिलेंगे उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन फंड के अंतर्गत राज्य को दस हजार चार सौ बत्तीस करोड़ की राशि प्राप्त होगी जो पिछले वित्त आयोग की अनुशंसा की तुलना में चार गुणा अधिक है शिवहर जिले के बैंक शाखाओं में नकदी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने को लेकर करेंसी चेस्ट स्थापित करने की प्रक्रिया फिर से शुरू की गयी है वित्त विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किये हैं सांसद रमा देवी ने बताया कि लोकसभा में यह मुद्दा उठाये जाने के बाद उन्हें केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री की ओर से इस संबंध में आदेश दिया गया है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम चंपारण सिवान सारण गोपालगंज सीतामढ़ी मध्रबनी मुजफ्फरपुर वैशाली शिवहर समस्तीपुर सहित कुछ अन्य जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना है मौसम वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि अगले दो दिनों तक राज्य में दिन और रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी की संभावना है इससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी

आज गया और डेहरी राज्य के सबसे ठंडे स्थान रहें जहां का न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद द्वारा जेल मेनुअल के उल्लंघन के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई उन्नीस फरवरी को होगी सुनवाई के दौरान रिम्स की ओर से लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिलने पर न्यायालय ने अस्पताल के निदेशक को कड़ी फटकार लगायी और अगली सुनवाई में मेडिकल रिपोर्ट पेश करने को कहा है साईबर अपराध की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड और पश्चिम बंगाल की पुलिस मिलकर काम करेगी आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैय्यर हसनैन खान ने बताया कि इन राज्यों के साथ हुई बैठक में साईबर अपराध रोकने में आपसी सहयोग करने पर सहमति बनी है गया जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र इलाके में एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है छापेमारी के दौरान पांच पिस्तौल और दस मैग्जिन बरामद की गयी है कटिहार जिला समाहरणालय से फर्जी पते पर जारी किये गये तीन लोगों के हथियारों के लाईसेंस रद्द कर दिये गये हैं जिलाधिकारी ने जांच के आधार पर यह कार्रवाई की है गौरतलब है कि जांच में दर्जनों लोगों के लाईसेंस पूर्णिया के फर्जी पते पर जारी करने का मामला प्रकाश में आया है एनसीसी के ग्रूप कमांडर ब्रिगेडियर राजेश नेगी ने बताया है कि एनसीसी के राष्ट्रीय यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत पांच कैडेट को विदेश भेजा जायेगा इन कैडेट का चयन उत्तर बिहार के जिलों से किया गया है मुजफ्फरपुर में पिछले दिनों आर्मी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में इन कैडेट का चयन किया गया मानक ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चालक प्रशिक्षण केंद्रों को मान्यता देने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं के बारे में एक मसौदा जारी किया है इस कदम से परिवहन उद्योग को विशेष रूप से प्रशिक्षित वाहन चालक उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी इससे चालकों की कार्यक्षमता में सुधार होगा और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी मसौदे में कहा गया है कि ऐसे केंद्रों से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाले व्यक्तियों को चालक लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय ड्राइविंग टेस्ट से छूट दी जाएगी यह मसौदा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है

सफाईकर्मियों पुलिस और सेना के जवानों सहित अन्य कर्मियों को लगेंगे टीके